इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन देशभर में आवश्यक वस्त्ओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की द्कान पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी गई है

एक हफ्ते से कम समय में दूसरी बार राष्ट्र को संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने पर कडा प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी कर्फ्यू की तरह होगी और जनता कर्फ्यू से अधिक सख्त होगी श्री मोदी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री से लेकर गांव में एक व्यक्ति तक सबके लिए है प्रधानमंत्री ने माना कि इस निर्णय की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन लोगों का जीवन बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रधानमत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस पर अंक्श लगाने के लिए स्रक्षित दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्त्ओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है इधर भारत की जनगणना दो हजार इक्कीस का पहला चरण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि देश भर में तालाबंदी लागू करने के प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम का अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक संपर्क सकते समय एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना है और कैबिनेट की बैठक में भी इस नियम का पालन किया गया

श्री जावड़ेकर ने लोगों से नियमित रूप से हाथ धोते रहने का भी आग्रह किया सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा उन्होंने कहा अन्बंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तालाबंद के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा और उन्हें भ्गतान मिलेगा

आज बनारस के लोगों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वायरस लोगों के बीच कोई भेद भाव नहीं करता और किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है उन्होंने कहा कि क्छ लोग जानकारी होने के बावजूद चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बड़ा ही द्र्भाग्यपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ह्वाट्एप से सम्पर्क कर हेल्प डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं दी जा सकें

अधिकारिक सूत्रों के अन्सार इस आग द्र्घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है पारंपरिक तरीके से बांस लकड़ी और तोको पत्ता से बने घरों में आग बहत तेजी से फैली और ग्रामीणों को इस पर काबू पाने के लिए कड़ी मसक्कत करनी पड़ी विधायक निनोंग ईरिंग ने इस आग द्र्घटना पर द्रख व्यक्त करते हुए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्रभावित परिवारों के प्र्नवास के लिए दस लाख रुपए देने की घोषणा की है